भारतीय जनता पार्टी के आठ उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी के एक एक उम्मीदवार निर्विरोध चुने गये निर्वाचित होने वाले भाजपा प्रत्याशियों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं उनके अलावा भाजपा के अरूण सिंह हरिद्वार दुबे बृज लाल नीरज शेखर गीता शाक्य सीमा ट्विवेदी और बीएल वर्मा निर्वाचित हुये हैं समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम भी उच्च सदन के लिए चुने गए प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर कोविड के नियमों का पालन करते हुये मतदान अब से थोड़ी देर पहले शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया जिन विधानसभा सीटों के लिये मतदान हआ वह सीटें हैं अमरोहा की नौगावां सादात बुलंदशहर फिरोजाबाद की टूंडला उन्नाव की बांगर मऊ कानपुर की घाटमपुर देवरिया और र्जोनपुर की मलहनी इन सात सीटो पर कुल अट्ठासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जिनमें नौ महिला प्रत्याशी हैं मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे मतगणना दस नवम्बर को होगी निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधान परिषद की रिक्त हई ग्यारह सीटों पर निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है इन सीटों में से पांच सीटें खंड स्नातक क्षेत्र की है और छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है

इन सदस्यों का कार्यकाल छह मई दो हजार बीस को समात हो गया था लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते निर्वाचन की कार्रवाई अग्रिम आदेशों तक लम्बित रही आयोग के अनुसार रिक्त हई सीटों पर निर्वाचन के लिये पांच नवम्बर को अधिसूचना जारी की जायेगी और बारह नवम्बर नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी तेरह नवम्बर को पर्चो की जांच होगी सत्रह नवम्बर तक नामांकन वापस लिये जा सकते हैं एक दिसम्बर को सुबह आठ बजे से सांय पांच बजे तक मतदान होगा और तीन दिसम्बर को वोटों की गिनती की जायेगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बानबे प्रतिशत तक पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग अट्ठावन हजार से अधिक मरीज ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या छिहत्तर लाख से ऊपर पहुंच गई है देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या लगभग पांच लाख इकतालिस हजार है पिछले चौदीस घंटों में संक्रमण के अड़तीस हजार तीन सौ दस नये मामले सामने आने से कुल मामलों की संख्या बयासी लाख को पार कर गई है मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण स्वस्थ होने वालों की दर बढी है और मृत्यू दर में कमी आई है देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में है पिछले चौबीस घटों मे देश में कोविड से चार सौ नबे लोगों की मृत्यू के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या एक लाख तेईस हजार सत्तानवे हो गई है भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार पिछले चौबीस घटों में दस लाख छियालिस हजार से अधिक जांच की गई अब तक देश में की गई जांचों की संख्या ग्यारह करोड सत्रह लाख को पार कर चुकी है

संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड के कारण केवल आरक्षित रेलगाडियां ही चलाई जा रही हैं श्री यादव ने लोगों से आग्रह किया कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए केवल टिकट कन्फर्म होने पर ही रेलवे स्टेशन आएं उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा सूची पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा आवश्यक होने पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी श्री यादव ने बताया कि बीस अक्तूबर से तीस नवम्बर तक चार सौ छत्तीस विशेष त्योहार रेलगाडियां चलाई जा रही हैं कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र में आज शाम प्रयागराज कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक ने सड़क के किनारे बैठे तीन लोगों को कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया सम्भल जिले के हयातनगर क्षेत्र में एक मकान की छत गिरने से दो बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि सात अन्य घायल हो गये घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है